वे आज सुबह नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी के सांसदों से राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्रज क्षेत्र में होली पर आयोजित किए जा रहे रंगोत्सव का आज बरसाना में दीप प्रज्वलित कर श्मारंभ किया प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा और मथुरा जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से बारह मार्च तक रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है रंगोत्सव में ब्रज क्षेत्र में खेली जाने वाली विभिन्न होली के रंग देखने को मिलेंगे रंगोत्सव में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्रज क्षेत्र की भूमि प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को अपने भीतर संजोये हए है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के साथ सांस्कृतिक पक्षों पर भी कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव और मथुरा में रंगोत्सव का आयोजन भी इसी कड़ी का हिस्सा है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की दशकों से लंबित समस्याओं का समाधान हो रहा है उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी इसका उदाहरण है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की नदियों को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि यमुना नदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ हमारी पहचान भी है श्री योगी ने कहा कि सरकार ने यमुना की स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए हैं और इसका परिणाम दो वर्ष के भीतर दिखायी देने लगेगा दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज लगातार द्सरे दिन विपक्ष के शोरगुल के कारण कामकाज में रूकावट आई दोनों सदनों की बैठक पहले दोपहर दो बजे तक और फिर दिन भर के लिये स्थगित कर दी गयी इससे पहले लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांप्रेस डीएमके टीएमसी वामदलों बहजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की लेकिन अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा कि इस समय सदन की कार्यवाही चलने दी जाए और इस पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा की जाएगी लेकिन उत्तेजित सदस्यों ने कहा कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है और सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है श्री जोशी ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है और हिंसा प्रमावित क्षेत्रों में सामान्य रिथित वहाल करना सरकार की प्राथमिकता है राज्यसभा की कार्यवाही भी आज विपक्ष के शोरगुल के कारण बाधित हुयी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार कोविड नाइन्टीन बीमारी से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है डॉक्टर हर्षकर्धन का यह बयान भारत में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के दो नए मामलों का पता चलने के बाद आया है इनमें से एक मामला नई दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है संक्रमित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने इटली की और दूसरे ने दूबई की यात्रा की थी दोनों मरीजों की हालत स्थिर है स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से ईरान जापान दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की यात्रा न करने को कहा है किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पन्द्रह मार्च से प्याज निर्यात की अनुमति देगी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है ट्वीट संदेश में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से किसानों की आय बढाने में मदद मिलेगी सरकार ने इस वर्ष प्याज की अधिक पैदावार होने से दामों में गिरावट के मद्देनजर छह महीने पुराने प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है प्याज के दाम में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला दिवस के दिन वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स उन महिलाओं को समर्पित करेंगे जिनके जीवन और कार्यो ने लोगों को प्रेरणा दी है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस महीने की आठ तारीख को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बिजेन्द्र सिंह अयोध्या में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हॉगे आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज डॉक्टर सिंह का स्थानांतरण अयोध्या में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोंचोगिकी विश्वविद्यालय में क्लपति के तौर पर किया डॉक्टर सिंह की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए की गयी है स्वतंत्रता सेनानी और शायर रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी की अड़तीसवीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावमीनी श्रद्वांजलि दी गयी गोरखपुर में फिराक चौक पर स्थापित फिराक गोरखपुरी की मूर्ति पर विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों के सदस्यों ने आज पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया श्री सहाय का जन्म वर्ष अट्ठारह सौ छियानवे में गोरखपुर में हुआ था